जयराम ठाकुर ने बताया कि इस अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री सतलुज जल विद्युत निगम को केन्द्र सरकार के संयुक्त उपक्रम का दर्जा यथावत और प्रदेश के लोगों के हित में राज्य सरकार के हिस्से को बनाए रखने का प्रधानमंत्री से आग्रह किया

इस बीच मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से उनके संसद स्थित कार्यालय में भेंट की जयराम ठाकुर ने आयुष्मान भारत और एम्स सहित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं पर उनसे चर्चा की इस मौके सांसद शांता कुमार वीरेन्द्र कश्यप और राम स्वरूप शर्मा के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी भी मौजूद रहे राफेल भाजपा राफेल रक्षा सौदे मामले पर भाजपा ने आज प्रदेशभर में धरना प्रदर्शन आयोजित कर उपायुक्तों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे शिमला में ज़िला भाजपा द्वारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं द्वारा राफेल मुद्दे पर किए गए दुष्प्रचार के विरोध में अध्यक्ष संजय सूद के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती इस मौके विशेष रूप से मौजूद रहे उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व उनके नेताओं के झूठ का पर्दाफाश हुआ है सतपाल सत्ती ने कहा कि राहुल गांधी केवल जनता को गुमराह करने की बयानबाजी करते हैं कुल्लू में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा

जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला

शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेसी नेता व पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि मोदी सरकार राफेल खरीद पर जनता को गुमराह कर रही है

उन्होंने राफेल खरीद मामले में एक बार फिर संयुक्त संसदीय समिति की जांच की वकालत की उपचुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम शिमला के सांगटी वार्ड के उप चुनाव के कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए कहा कि इससे सहकारी सभाएं सुदृढ़ होंगी और युवाओं को रोज़गार के साधन मिलेंगे

उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी व कर्मचारी सौहार्दपूर्ण ढंग से जनसमस्याओं का निपटारा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इस बीच राजीव सहजल ने सोलन में कृषि उपज मंडी समिति द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़े व रक्तदान शिविर का शुभारंभ भी किया

सुरेश भारद्वाज शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता और विस्तार के साथ साथ नैतिकता का समावेश बेहद ज़रूरी है

उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्कारयुक्त होनी चाहिए ताकि सभी संस्कृति व समृद्ध इतिहास से जुड़े रहें शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अभिभावकों को सहयोग देना चाहिए

उन्होंने नशा निवारण के लिए व्यापक अभियान शुरू करने का युवाओं से आह्वान किया